विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा प्रत्येक प्रवासी भारतीय की सफलता देश के लिए सम्मान की बात

प्रवासी दिवस प्रवासी भारतीय दिवस आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुआ आज पहला दिन युवाओं पर केन्द्रित था विदेश मंत्री सुषमा स्वाराज ने प्रवासी भारतीयों विर्शेष रूप से दुनिया के विभिन्न भागों से आए युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया श्रीमती स्वराज ने कहा कि प्रवासी भारतीयों और देशवासियों की साझा पहचान ही उनकी शक्ति है विदेश मंत्री ने कहा कि भारत से पिछली पीढ़ियों के लोग व्यापारियों श्रमिकों उद्यमियों और विभिन्नि क्षेत्रों के विशेषज्ञों के रूप में दूसरे देशों में गए थे वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने प्रवासी भारतीयों के बीच बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण में देश प्रवासियों का समर्थन चाहता है श्री राठौड़ ने कहा कि प्रवासी भारतीय देश के सबसे बड़े दूत हैं प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय दिवस का कल औपचारिक उद्घाटन करेंगे बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समापन भाषण देंगे और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे उपहार नीलामी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिले प्रतिष्ठित और स्मरणीय उपहारों की नीलामी की जायेगी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा की जाने वाली इस नीलामी से प्राप्त धनराशि का उपयोग नमामि गंगे परियोजना में किया जायेगा

प्रधानमंत्री को उपहार में दी गई करीब दो हजार वस्तुंओं की प्रदर्शनी इस समय गैलरी में लगी हुई है इनमें पेण्टिंग्स कलाकृतियां शॉल जैकेट और पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र शामिल हैं

खाद्य नागरिक आपूर्ति एव उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से सभी कृषकों से नजदीकी पंजीयन केंद्र पर पंजीयन कराने की अपील की गई है विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पंजीयन के लिए समग्र सदस्य आईडी आधार कार्ड ऋण प्रस्तिका बैंक खाता पासबुक और मोबाइल नंबर अनिवार्य किया गया है पंजीयन सुबह ग्यारह बजे से शाम पांच बजे के बीच कार्यदिवस में कराया जा सकता है गौरतलब है कि सरकार इस बार एक हजार आठ सौ चालीस रुपए प्रति क्विटल की दर से गेंहू खरीदी करेगी

अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी आज से पंजीयन का काम शुरू हो गया है वहीं जिला कलेक्टर ने धान उपार्जन का भुगतान तय समय में करने के निर्देश दिये हैं

इस बार थीम होगी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं पिछलें वर्षो की तरह इस वर्ष भी सड़क सुरक्षा सप्ताह में संबंधित विभागों की भागीदारी रहेगी उच्च न्यायालय द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा भी सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी विभागों से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर प्रभावी ढंग से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं

जिन विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के आर्वेदन ऑनलाइन भरे नहीं गये है उनको इस अवधि में आवेदन अनिवार्य रूप से नियमानुसार एवं पात्रतानुसार भरने को कहा गया है पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सभी सहायक संचालक और प्रभारी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं

भाजपा द्वारा आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया सागर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहां नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया इस दौरान श्री भार्गव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि व्यवस्था नहीं सुधरी तो भाजपा बड़ा आंदोलन करेगी प्रदर्शन में पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह भी शामिल हए वहीं जबलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की अगुवाई में पार्टी कार्येकर्ताओं ने प्रदर्शन किया इधर भोपाल में आयोजित प्रदर्शन में सांसद आलोक संजर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक रामेश्वर शर्मा प्रदेश महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा जिला अध्यक्ष सुरेन्द्रनाथ सिंह शामिल हुए बड़वानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्ट चौराहे पर प्रदर्शन किया उधर नीमच में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया शिवपुरी आगर मालवा अनुपपुर मुरैना रायसेन सहित विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के समाचार मिले हैं गौरतलब है कि कल बड़वानी में अज्ञात आरोपियों ने भाजपा मण्डल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की हत्या कर दी थी इससे पहले मंदसौर में भी पार्टी के एक नेता और नगरपालिका अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी गणतंत्र तैयारी प्रदेश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं भोपाल संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने आज आयोजन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की श्रीमती श्रीवास्तव ने सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी सोंपी गई जिम्मेदारियों का पूरी गंभीरता से पालन करें संभागायुक्त श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह का पूरी भव्यता और गरिमा के साथ आयोजन सुनिश्चित किया जाये संभागायुक्त ने समारोह में आने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ब्रज्गो महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिये गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमामय बनाने की तैयारियां चल रही हैं यहां नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह स्थानीय लालपरेड ग्राउण्ड पर आयोजित समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे वहीं सीहोर जिले में गणतंत्र दिवस पर ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभायें आयोजित की गई हैं वहीं बैतूल में स्थानीय पुलिस ग्राउण्ड पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा साथ ही जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के नवनिर्मित भवन पर भी ध्वजारोहण किया जायेगा

टीकमगढ़ र्से हमारे संवाददाता ने बताया है कि समापन कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह खेल युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवरी पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल और वाणिज्य कर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर शामिल हुऐ इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि युवाओ को रोजगार देने के लिए बुन्देलखण्ड में पर्यटन को विकसित किया जाएगा

मौसम प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव का दौर जारी है दिन में जहां तेज ध्रप पड़ रही है वहीं रात में अभी भी ठण्डक बनी हुई है प्रदेश में न्यूनतम तापमान कल सागर भोपाल इंदौर उज्जैन ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में काफी बढ़े और शेष संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नही हुआ मौसम विभाग के अनुसार चंबल संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से काफी अधिक रहे प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस खजुराहो रीवा और मण्डला में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने कल सुबह तक ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों और छतरपुर नीमच मंदसौर और राजगढ़ जिलों में कहीं कही हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की मनासा तहसील के रायसिंहपुरा सहित कई गांवों में आज सुबह ओलों के साथ हल्की बारिश हुई बेमौसम हुई इस बारिश ने किसानों की चिन्ता बढ़ा दी है